मौसम राज्य के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश होने का अनुमान है मौसम विभाग ने देहरादून चमोली टिहरी पौड़ी नैनीताल चम्पावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है

वहीं राज्य के सभी मुख्य यातायात मार्ग आवाजाही के लिए खुले हुए हैं आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बादल छाए रहे वहीं मैदानी इलाकों में आमतौर पर धूप खिली रही देहरादून में आज सुबह आंशिक बादल छाए रहे और दोपहर के समय तेज धूप खिली रही

सम्मान उत्तराखंड को बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पांच राज्यों में से एक घोषित किया गया है राज्य को सात अगस्त को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा एक समाचार एजेंसी के अनुसार उत्तराखंड को जन्म लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया जाएगा गौरतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मकसद गिरते बाल लिंगानुपात और महिला सशक्तीकरण के मुद्दों का समाधान करना है

किसान ऊधमसिंह नगर में पानी के अधिक दोहन की समस्या से निपटने के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृ षि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जिले में उत्तराखंड कृषि विभाग के सहयोग से मक्के की खेती को गर्मी वाले धान के विकल्प के रूप में किसानों को अपनाने की सलाह दी है विश्वविद्यालय और कृषि विभाग ने मक्के के बीज की उपलब्धता के लिए एक निजी बीज कंपनी और विपणन के लिए सिडकुल स्थित कंपनी के साथ करार किया है इस सफल प्रयास के चलते किसान धीरे धीरे गर्मी वाले धान की खेती से हटकर मक्के की खेती को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं

ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा मक्के की खेती का सुझाव किसानों को पसंद आया है क्षेत्र के किसान कुंवर पाल सिंह का मानना है गर्मी वाले धान की खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही थी जिस कारण खेती में नुकसान हो रहा था